अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन को लेकर प्रदेश में भी देखा गया अपार उत्साह

मौसम विभाग ने आज प्रदेश के भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ उदयपुर पाली और राजसमंद जिलों में कृछ स्थानों पर तेज हवाओं के साथ भारी बारिश की दी चेतावनी

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल मुख्यमंत्री निवास पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पर्यटन विभाग की समीक्षा करते हुए कहा कि राजस्थान पर्यटन का महत्वपूर्ण केन्द्र है इससे प्रदेश के लाखों लोगों की आजीविका जुड़ी हुई है मेले और उत्सव हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं ज्यादा से ज्यादा देशी और विदेशी पर्यटक इनसे जुड़ सके इसके लिए इन्हें नया रूप दिया जाए मेलों और उत्सवों की नए सिरे से ब्रांडिंग की जाए इनमें नई सोच के साथ ऐसी गतिविधियों को शामिल करें जिनसे पर्यटक आकर्षित हों उन्होंने कहा कि भरतपुर के केवलादेव नेशनल पार्क में पानी की समस्या दूर करने के लिए स्थायी हल निकाला जाए

श्री मोदी ने भूमि पूजन किया और अयोध्या में भव्य राम मंदिर की आधारशिला रखी राम मंदिर भूमि पूजन को लेकर राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा है कि यह मंदिर सांस्कृतिक एकता राष्ट्रीय एकता और वसुधैव कुट्म्बकम के प्रतीक के रूप में स्थापित होगा न्यायालय के फैसले आम सहमति और जनभावना के अनुरूप यह कार्य हो रहा है उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री को बधाई और धन्यवाद दिया

राजधानी जयपुर सहित प्रदेश के लगभंग सभी जिलों में शाम को लोगों ने घरों में दीये जलाए और आतिशबाजी की

महिलाओं की सुरक्षा एनडीए सरकार की नीति उसकी शासन संबंधी प्राथमिकताओं और कार्य सूची का अभिन्न अंग है पिछले छह वर्षो में सरकार ने महिलाओं के सम्मान और उनका कल्याण सुनिश्चित करने की कई अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणाएं की है मुस्लिम महिला वैवाहिक अधिकार संरक्षण विधेयक को पिछले साल संसद की मंजूरी मिली जिसमें एक साथ तीन बार तलाक बोलकर वैवाहिक संबंध तोड़ने की कुप्रथा को अवैध और गैर कानूनी करार दिया गया

प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना पर बड़े पैमाने पर अमल करने से अब महिलाओं को ईंधन के जंगलों में भटकने की आवश्यकता नहीं रह गई है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे अभियानों से बालिकाओं का जीवन बचाने उन्हें पढ़ाई का मौका देकर अपने पैरों पर खड़ा करने में मदद मिल रही है

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने जम्मू कश्मीर पर चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की हाल में की गई टिप्पणी पर मीडिया के सवाल के जवाब में यह बात कही

इस अभियान के तहत ऑडियो संदेशों के माध्यम से लोगों को कोरोना से बचाव के उपाय अपनाकर स्वयं और दूसरों के जीवन को सुरक्षित रखने के लिए प्रेरित किया जा रहा है

अभियान के अंतर्गत बड़े पैमाने पर निर्माण कार्य किए गए हैं

मौसम विभाग के अनुसार जयपुर ब्रंदी भीलवाड़ा अजमेर चित्तौड़गढ़ पाली जिलों और इनसे लगते क्षेत्रों में हल्की से मध्यम दर्जे की वर्षा हो सकती है जयपुर के उत्तरी क्षेत्र में कुछ स्थानों पर हल्की बारिश होने की भी संभावना है